और मूहर्रम को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के किये गये कड़े इंतजाम

देर शाम तक इन लोगों से चली पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है गिरफ्तार लोगों में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ के तीन कर्मचारी भी शामिल हैं रोजी रानी मुजफ्फरपुर में पदस्थापना के दौरान बालिका गृह की निरीक्षण प्रभारी थी सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने के मामले में उनसे प्रछताछ के आदेश दिये हैं मामले की सुनवाई करते हुये न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने पुलिस को इस मामले की जांच तेज करने का भी निर्देश दिया वहीं खंडपीठ ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके एनजीओ के खिलाफ आयकर जांच के आदेश दिये हैं खंडपीठ ने सीबीआई को चार सप्ताह में इस मामले पर प्रगति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया वहीं पीठ ने राज्य सरकार को आश्रय गृह से आठ लड़कियों को स्थानांतरित करने के मामले में हलफनामा दायर करने को कहा है शीर्ष न्यायालय ने पूर्णिया के बाल सुधार गृह में पिछले दिनों हुयी गोलीबारी की घटना को संज्ञान में लेते हुये इस बात पर हैरानी जतायी कि आखिर बाल सुधार गृह के अंदर हथियार कैसे पहुंच गये गृह मंत्रालय ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी बच्चों के साथ यौन दुर्व्यहार और दुष्कर्म से जुड़ी आपत्तिजनक मामलों की शिकायत दर्ज कराने के लिये विशेष पोर्टल लांच किया है कोई भी व्यक्ति साईबर क्राईम डॉट जीओवी डॉट इन पर जाकर ऐसे मामलों की शिकायत दर्ज करवा सकता है इस सेवा की शुरूआत करते हुये गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यौन अपराधियों के रिकॉर्ड के लिये राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जायेगा मनी लाँड्रिंग मामले में राज्यसभा सांसद मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगा दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में ईडी के विशेष लोक अभियोजक अतुल त्रिपाठी ने सुनवाई के दौरान बताया कि जांच एजेंसी ने हाल ही में मामले में जुड़ी अन्य संपत्तियों को अटैच किया है ईडी द्वारा समय लिये जाने के कारण इस मामले में बहस शुरू नहीं हो सकी पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में आरोपित पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन समेत सात लोगों के खिलाफ चल रहे मुकदमे की सुनवाई मुजफ्फरपुर स्थित सत्र अदालत में होगी इस मामले को सांसदों और विधायकों के लिए पटना में गठित विशेष अदालत ने वापस मुजफ्फरपुर भेज दिया है केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अढ़िया तीन दिनों के दौरे पर आज पटना पहुंच रहे हैं श्री अढ़िया आज बिहार सरकार के वाणिज्य कर विभाग और सेंट्रल जीएसटी के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे शाम में वित्त सचिव का व्यापारिक संघों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के एक सौ चौरासी अस्पतालों में लाभुकों का मुफ्त उपचार होगा इन अस्पतालों में एक सौ छप्पन सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र के अट्ठाईस अस्पताल शामिल हैं स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव राजेश कुमार ने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेज आधारभूत संरचना से युक्त जिला अस्पताल अनुमंडल अस्पताल और रेफरल अस्पताल को भी जोड़ा गया है वहीं तीस बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और छह बेड वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है जदयू के राष्ट्रीय महासचिव के सी त्यागी ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है उन्होंने कहा कि अगले एक सप्ताह के भीतर इसकी आधिकारिक घोषणा हो जायेगी इधर पार्टी सूत्रों ने बताया कि सीट बंटवारे को लेकर जदयू की ओर से प्रशांत किशोर को अधिकृत किया गया है इस सिलसिले में उन्होंने कल नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी कहा है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत निर्णायक दौर में है उन्होंने कहा कि सभी घटक दलों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा इधर लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के बीच सीटों के बटंवारे को लेकर कवायद शुरू हो गयी है राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि घटक दलों के बीच सीटों के बटंवारे को लेकर कोई समस्या नहीं आयेगी आज यौम ए आशूरा यानि मुहर्रम है इसी दिन हजरत मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हसैन ने करबला की सरजमीं पर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ अपनी शहादत पेश की थी राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुहर्रम के अवसर पर इमाम हुसैन और उनके साथियों की करबला में शहादत को नमन करते हुये उन्हें श्रद्धांजलि दी है मुहर्रम को देखते हुये प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं संवेदनशील जिलों में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जगह जगह दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बलों को प्रतिनियुक्त किया गया है कृषि मंत्री प्रेम क्मार ने कहा है कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है और जरूरत के हिसाब से उर्वरकों की आपूर्ति करवायी जा रही है उन्होंने कहा कि बाजार में यूरिया का अभाव दिखाकर कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं जिनपर कड़ी कार्रवाई की जायेगी निगरानी जाँ ब्यूरो की टीम ने जमुई जिले में चकाई प्रखंड के शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को बीस हजार रुपये रिश्वत लेते हये रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार पदाधिकारी एक शिक्षक के बकाया वेतन के भुगतान के एवज में घूस ले रहा था सुप्रीम कोर्ट ने पटना के दीदारगंज टॉल प्लाजा पर टॉल टैक्स की वसूली पर रोक लगाने और इसे दूसरी जगह स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक लगा दी है खनन विभाग ने बालू की दुलाई करने वाले वाहनों का धर्मकांटा से निबंधन कराना अनिवार्य कर दिया है पटना के बेऊर जेल से फोन पर रंगदारी मांगने के आरोपी बिंदु सिंह को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी प्रदेश में प्रतिबंधित पॉलीथिन के प्रयोग पर पांच हजार रूपये तक का जुर्माना होगा नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि इसके लिये बिहार म्यूनिसिपैलिटी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज का मसौदा तैयार कर लिया गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन आठ दिसंबर को संभावित है आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर परीक्षा के लिये केंद्र उपलब्ध कराने को कहा है पटना में रेलवे के ग्रूप डी की चल रही परीक्षा के दौरान कल तीन फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट में ऑन द स्पॉट नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है जिन छात्रों का नामांकन नहीं हो सका है वे कॉलेजों में जाकर सीधे नामांकन के लिये आवेदन कर सकते हैं भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर अट्ठाईस सितंबर से पंद्रह अक्टूबर तक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि पुल के स्पैन में आई दरार के मरम्मत कार्य के कारण यह फैसला किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान लिखता है हथियार मिलने के मामले में मंजू वर्मा से पूछताछ के आदेश दैनिक जागरण ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है पीपीएफ पर आठ व सुकन्या समृद्धि पर साढ़े आठ फीसदी ब्याज दैनिक भास्कर की सुर्खी है सीट शेयरिंग को लेकर जदयू ने भाजपा पर बढ़ाया दबाव शाह से मिले प्रशांत किशोर प्रभात खबर ने भागलपुर किऊल रेलखंड पर रेल सेवा बाधित होने से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है कठिन फैसले लेती रहेगी सरकार आज की सुर्खी है बिहार की श्रेयसी को अर्जुन अवार्ड

और मुहर्रम को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के किये गये कड़े इंतजाम